मुख्य समाचार केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की

दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील कल जुमे समेत सभी नमाज मस्जिद की बजाए घर में ही पढ़ें लॉकडाउन के दौरान बेसहारा और गरीबों की मदद के लिए सामने आये कई लोग

इनमें डॉक्टर चिकित्साकर्मी स्वास्थ्यकर्मी सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल है

इसके अंतिरिक्त प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी

उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं और दिव्यांगजनों को अगले तीन महीनों के दौरान एक एक हजार रूपये की दो किस्तों में अनुदान दिया जाएगा

शिवपुरी में आज एक और मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह युवक हाल ही में हैदराबाद से लौटा था वहीं इन्दौर में भी कोरोना वायरस से संकमित पांच और मरीज मिलें हैं एम वाय अस्पताल के अधीक्षक पी एस ठाकुर ने आकाशवाणी से बातचीत में इसकी पुष्टि की है

इससे पहले जबलपुर में छह भोपाल में दो ग्वालियर और उज्जैन में एक एक मरीज मिले हैं उज्जैन निवासी कोरोना पीडित ब्रजूर्ग महिला ने कल इंदौर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था उज्जैन के ही एक और संदिग्ध की आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई हालांकि मृतक की रिपोर्ट आना बाकी है

सभी जिलों में कर्फ्यू जैसी स्थिति है जो लोग अति आवश्यक कामों से बाहर निकल रहे हैं वे भी मास्क लगाकर लोगों से दूरी बनाये दिखाई दिये प्रशासन की ओर से आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है सागर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पशु चिकित्सालय पशु आहार और पोल्ट्री से संबंधित आहार को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है मुरैना जिले के चारों जेलों में बंद कैदियों की थर्मल स्क्रीनिंग की ज रही है

उधर राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आज पदभार ग्रहण करने के बाद लोगों से घरों में रहकर प्रशासन की मदद करने की अपील की उधर आगर मालवा पुलिस अधीक्षक ने लॉकडाउन की स्थिति में ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की अपील की है

इस राशि से शासकीय अस्पतालों के लिए वेण्टिलेटर की खरीदी की जायेगी उधर शहडोल सांसद हिमाद्रि सिंह ने उमरिया शहडोल और अनूपप्र जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड बनाने के लिए दस दस लाख रुपये की राशि सांसद निधि से जारी की है वहीं सतना सांसद गणेश सिंह ने इस महामारी से मिलकर लड़ने की अपील की है

मंदसौर कलेक्टर ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की अपील की है गुना नीमच शाजापुर छतरपुर में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है खंडवा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है साथ ही उनके ड्रायविंग लायसेंस भी निरस्त कर दिये गये हैं उमरिया में रसोईगैस की होम डिलेवरी सेवा शुरू हो गई है अनूपपुर जिले में अब तक दो हजार दो सौ अड़तीस नागरिकों की जांच की जा चुकी है बालाघाट खरगौनछिंदवाड़ा और शहडोल में लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की आपूर्ति की जा रही है

इधर प्रदेश में भी समुदाय के धर्मगुरुओं ने लोगों से घरों में नमाज पढ़ने की अपील की है असहाय भोजन लॉकडाउन के दौरान बेसहारा और निर्धनों की मदद के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं राजधानी भोपाल में ऐसे लोग अपने घरों से भोजन बनाकर सुबह शाम जरूरतमंदों को बांट रहे हैं भोपाल नगर निगम और जिला प्रशासन ने भी असहायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इच्छक लोगों और सामाजिक संस्थाओं से दीनदयाल रसोई में भोजन देने की अपील की है उधर शिवपुरी में भी समाजसेवी संस्थाओं द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य कर्मचारियों को चाय वितरित की जा रही है अनुपप्र में भी कलेक्टर ने बेसहारा लोगों को भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं

इसका प्रसारण सुबह सात बजकर पांच मिनट से किया जाता है कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में बुलेटिन को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है दोपहर और शाम के समाचार बुलेटिन सामान्य रूप से प्रसारित होते रहेंगे

वहीं अलका परगनिया भोपाल जिला चिंकित्सालय की अधीक्षक नियुक्त की गई हैं

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है